संसद ने इस महीने की चार तारीख को यह विधेयक पारित किया था इसके माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद का संचालन छब्बीस सितम्बर दो हजार अट्ठारह से दो वर्ष के लिये संचालक मंडल को सौंपा गया है विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाना है केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बताया कि भारत और चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए द्विपक्षीय समझौते का सम्मान कर रहे हैं छह जुलाई को दलाई लामा के जन्मदिन पर चीनी नागरिकों के वास्तविक नियंत्रण रेखापार कर डेमचोक सेक्टर में आ जाने के मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का जवाब देते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोई तनाव नहीं है रक्षामंत्री ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग ने दोनों देशों के बीच विश्वास बनाये रखने की रणनीति तैयार की है उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में रेलवे हवाई यात्रा और सड़क सम्पर्क में सुधार किया जा रहा है और सरकार नियमित रूपसे स्थिति की समीक्षा कर रही है केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में बताया कि दो हजार बाईस तेईस तक देश में कोयले का कुल उत्पादन बढ़ाकर एक अरब टन करने की योजना है उन्होंने सदस्यों से कोयले के अवैध खनन और पर्यावरण से जुड़े मामलों की जानकारी होने पर उन्हें सूचित करने की अपील की ताकि मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्रवाही कर सके सरकार ने देश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों और घुसपैठियों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाये हैं इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से सीमा की निगरानी शामिल है यह जानकारी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रकाशित किया जायेगा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सी बी आई ने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के लखनऊ और इलाहाबाद सहित छह ठिकानों पर छापेमारी की यह छापेमारी एक व्यापारी के अपहरण और उसे प्रताडित करने की घटना की जांच से जुड़ी है उच्चतम न्यायालय ने दिमागी बुखार पर नियंत्रण के लिए तत्काल उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है याचिका में पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिये जाने को भी कहा गया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया याचिका में दिमागी बुखार से ग्रस्त सभी बच्चों के शीघ्र निःशुल्क उपचार की भी मांग की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सक्षम बना रही है इस योजना के अंतर्गत पांच लाख से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इतने ही बेरोजगार युवा प्रशिक्षण पाने के लिए पंजीकृत किए गए हैं इस योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं पवित्र श्रावण मास आज से षुरू हो गया है भगवान षिव की नगरी कही जाने वाली काषी यानी वाराणसी में आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने वाराणसी के काषी विष्वनाथ मंदिर सहित विभिन्न षिव मंदिरों मे जलाभिशेक किया कांवरियों और श्रद्धालुओं ने वाराणसी के मृत्युंजय महादेव तिलभाण्डेष्वर महादेव षूलटंकेष्वर महादेव सारंगनाथ और कैथी के मारकण्डेय महादेव मंदिर में भगवान षिव को जल चढ़ाया काषी हिन्दू विष्वविद्यालय परिसर में स्थित विष्वनाथ मंदिर में भी जलाभिशेक के लिये षिव भक्तों की लम्बी कतार लगी रही वाराणसी षहर के सभी हिस्सों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी इलाहाबाद अयोध्या और चित्रकट सहित प्रदेष के सभी तीर्थ स्थलों तथा अन्य स्थानों पर स्थित षिवालयों में कांवरियों और श्रद्धालुओं ने आज श्रावण मास के पहले दिन भगवान षिव का जलाभिशेक किया अयोध्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना की अयोध्या के नागेष्वरनाथ और क्षीरेष्वरनाथ सहित विभिन्न षिव मंदिरो में भी लोगों ने जलाभिशेक किया लखनऊ इलाहाबाद कानपुर बरेली और गोरखपुर सहित विभिन्न स्थानों पर षिव मंदिरों और षिवालयों में आज श्रद्वालुओं के जलाभिशेक और दर्षन पूजन का सिलसिला ब्रम्हमुहूर्त से देर षाम तक चलता रहा